मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड में इक्कीस आरोप पत्र दाखिल किये जायेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह जानकारी दी जांच एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र तैयार है और इसे जल्द ही अदालत में दायर किया जायेगा सीबीआई की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आयकर विभाग भी मामले की जांच कर रहा है इस मामले की अठारह दिसम्बर से मुजफ्फरपुर स्थित विशेष पोक्सो कोर्ट में नियमित सुनवाई होगी इधर मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प समिति के अवैध रूप से बने मकान को तोड़ने के लिये जिला प्रशासन ने पांच दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है मकान को पूरी तरह खाली करा दिया गया है घनी आबादी को देखते हुए मकान तोड़ने के काम में मशीनों का उपयोग नहीं किया जायेगा पश्चिम चंपारण जिले के सिरीसिया चौकी क्षेत्र के चमैनिया पुल के पास अज्ञात अपराधियों ने एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी पूलिस ने बताया कि मृतक अपने भाई की हत्या के मामले में गवाही देने कोर्ट जा रहा था तभी मोटरसाईकिल सवार छह अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है चारा घोटाले में जेल में बंद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रांची हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है याचिका में लालू प्रसाद की उम्र और बीमारियों को देखते हुए उन्हें जमानत दिये जाने का अनुरोध किया गया है प्रदेश के सभी जेलों में आज एक साथ छापेमारी की गयी इस दौरान कई जेलों में पुलिस को आपत्तिजनक सामान मिले हैं हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि छापेमारी में वार्डों से मोबाईल सिम कार्ड चार्जर लोहे के रॉड और नशीले पदार्थ बरामद किये गये है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पूलिस ने लाखों रूपये मूल्य की शराब के साथ सात तस्करों को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के कुआरी गांव से पुलिस ने बीस लाख रूपये मूल्य की दो सौ कार्टन शराब बरामद की है मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वहीं पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपूर थाना क्षेत्र के इंद्रगाछी गांव से पुलिस ने चार सौ कार्टन शराब बरामद की है मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है बरामद शराब की कीमत लगभग दस लाख रूपये बतायी जाती है दूसरी तरफ गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी गांव से पूलिस ने संतावन कार्टन शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है शेखप्रा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के मेहसोना गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर दो शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के सैदाबाद से एसएसबी ने एक तस्कर को तीन सौ तीस बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है वहीं रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धौड़ाण गांव में पुलिस ने एक खलिहान से तीन सौ चालीस कार्टन शराब बरामद की है राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चूनाव में जदयू के उम्मीदवारों को भारी हार का सामना करना पड़ा है दोनों राज्यों में पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गयी है जदयू ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बारह बारह उम्मीदवार उतारे थे राजस्थान जदयू अध्यक्ष दौलत राम पैसिया रतनगढ़ सीट पर मात्र तीन हजार तीन सौ सतासी वोट ही ला सके छत्तीसगढ़ में मात्र दो उम्मीदवारों को एक हजार से अधिक मत मिले पूर्व मध्य रेलवे ने कोहरे के कारण कल से पंद्रह जनवरी तक कई ट्रेनों का परिचालन सप्ताह में एक दिन रद्द करने का फैसला किया है राजेन्द्र नगर टर्मिनल से खुलने वाली नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन बुधवार को नहीं होगा वहीं वापसी में यह ट्रेन गुरूवार को रद्द रहेगी हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस गुरूवार को जबकि पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस शुक्रवार को अप और डाउन में रद्द रहेगी वहीं गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस का परिचालन सोमवार को नहीं होगा जबकि वापसी में यह ट्रेन मंगलवार को रद्द रहेगी जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस गुरूवार को अप में जबकि शुक्रवार को डाउन में रद्द रहेगी वहीं पटना कोटा एक्सप्रेस शुक्रवार को रद्द रहेगी जबकि वापसी में इस ट्रेन का शनिवार को परिचालन नहीं होगा इसके अलावा दो जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रदद किया गया है जबकि दो जोड़ी ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से होगा प्रबा हवा चलने के कारण प्रदेश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है मौसम विभाग के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा आज आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा गया का न्यूनतम तापमान दस दशमलव चार पटना का बारह दशमलव चार भागलपुर का तेरह और पूर्णिया का ग्यारह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया विदेश मंत्रालय ने विवाह के बाद अपनी पत्नियों को छोड़ देने वाले तेंतीस अप्रवासी भारतीयों के पासपोर्ट रद्द कर दिये हैं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फरार चल रहे ऐसे अप्रवासी भारतीयों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किये गये हैं विदेशों में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को विवाह के एक सप्ताह के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जायेगा भगवान राम और देवी सीता के विवाह का पर्व विवाह पंचमी नेपाल के ऐतिहासिक शहर जनकपूर में परम्परागत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है आज सुबह से ही हजारों श्रद्वालु प्रसिद्ध जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विवाह पंचमी समारोह में शामिल हुए उन्होंने विभिन्न अनुष्ठानों में हिस्सा लिया इधर सीतामढ़ी के पूनौराधाम और रजत द्वार मंदिर में भी विवाह पंचमी का ध्मधाम से आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पटना में राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनौपचारिक मुलाकात की इससे पूर्व श्री योगी ने पटना जंक्शन के नजदीक स्थित हन्मान मंदिर में विशेष प्रजा अर्चना की नेपाल के जनकपुर में विवाह पंचमी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद श्री योगी पटना पहुंचे थे बरौनी स्थित रिफाइनरी की क्षमता छह मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर नौ मिलियन मीट्रिक टन करने का काम शुरू हो गया है इस पर लगभग दस हजार करोड़ रूपये की लागत आयेगी बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक केके जैन ने बताया कि पॉली प्रोपलीन कारखाने की स्थापना का भी काम शुरू हो गया है उन्होंने बताया कि रिफाइनरी ने नेपाल के साथ एलपीजी आपूर्ति को लेकर करार किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत अर्राबाड़ी स्थित डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया बाद में श्री कुमार ने जिले में ग्राम परिवहन योजना के तहत लाभुकों के बीच वाहन और कन्या उत्थान योजना के तहत लाभार्थियों के बीच राशि का वितरण किया भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी सीपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य यू एन मिश्र का आज छत्तीसगढ़ के विलासप्र में निधन हो गया वे सतहत्तर वर्ष के थे यू एन मिश्र पार्टी के मुखपत्र जनशक्ति के सम्पादक भी रह चुके थे साथ ही वे दो बार बिहार श्रमजीवी पत्रकर संघ के अध्यक्ष भी रहे थे उनके निधन पर राजनैतिक सामाजिक और पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है पीएमसीएच में मरीजों के परिजनों के लिये केंटीन सेवा शुरू हो गयी है इस कैंटीन में मात्र पंद्रह रूपये में भोजन और सात रूपये में नाश्ता मिलेगा प्रदेश के अगले पुलिस महानिदेशक का चयन संघ लोकसेवा आयोग के माध्यम से होगा राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के पांच अधिकारियों के नाम की अनुशंसा आयोग से की है जिन अधिकारियों का नाम भेजा गया है उनमें राजेश रंजन राजेश चंद्रा आरके मिश्र सूनील कुमार और गूप्तेश्वर पांडेय शामिल हैं वर्तमान पूलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी जनवरी में सेवानिव्रत हो रहे हैं दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चूनाव के लिये मतगणना जारी है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दरभंगा मध्रबनी समस्तीपुर और बेगूसराय जिले में स्थित विश्वविद्यालय के कई अंगीभूत महाविद्यालयों में काउंसिलर पद के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं शेखप्रा जिले के शेखोप्र सराय थाना क्षेत्र के पांची गांव से पिछले दिनों अपहत स्कूली बच्चे गूलशन को अपहरणकर्ताओं ने रिहा कर दिया है पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने बताया कि अपहरण करने वाले गिरोह की पहचान कर ली गयी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये लगातार छापेमारी की जा रही है बक्सर जिले के अहिरौली स्थित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक समेत आठ शिक्षकों के खिलाफ शिक्षक नियोजन में अनियमितता के आरोप में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है खगड़िया जिले के पौड़ा चौकी क्षेत्र से पूलिस ने तीन अपराधियों को हथियार और मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार किया है